कृषि छट केन्द्र सरकार लॉकडाउन के दौरान रबी फसलों की सुचारू कटाई और गर्मियों की फसलों की ब्आई स्निश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने सभी राज्यों और बीमा कंपनियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिये दावों के भ्गतान रबी फसलों की कटाई की स्थिति फसलों को हए न्कसान का सर्वेक्षण और स्मार्ट सैंप्लिंग तकनीक की समीक्षा की बैठक में स्निश्चित किया गया कि किसानों को लॉकडाउन के दौरान किसी प्रतिकूल हालात का सामना न करना पड़े फसल बीमा स्विधा को स्गम बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए लॉकडाउन में काम करने के लिए पास जारी करने को कहा गया है ताकि वे फसल कटाई के समय उपस्थित रह सकें उधरगृह मंत्रालय ने भी कृषि उपकरणों और उनके पूर्जे वाली द्कानों को छूट से संबंधित दिशानिर्देश जारी किये हैं इन दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंपों के पास ट्रकों की मरम्मत वाली द्रकानों तथा चाय उद्योग को छूट के दायरे में रखा गया है प्रधानमंत्री अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश एकजुट है उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एकबार फिर देशवासियों से सामुहिक प्रयास का आहवान किया है

इंदौर में तीन और खरगोन में आज दो और पॉजिटिव मरीज मिले हैं

उधर जबलप्र में कलेक्टर भरत यादव ने कहा है कि जिले में भले ही नए प्रभावित नहीं मिले हो लेकिन ऐसे में जबलप्र कोरोना फ्री होने की ओर अग्रसर जैसी बातें अभी से करना व्यर्थ है उन्होंने कहा कि अब और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है

इंदौर में प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने बताया कि नगर निगम दवारा आज से खाद आपूर्ति के लिए घर घर जाकर ऑर्डर लेना शुरू कर दिए गए हैं जिनकी पूर्ति कल शाम तक पूरी करने की कोशिश की जाएगी सागर जिले के बीना में कल धर्मग्रुओं ने पैदल मॉर्च कर कोरोना से निपटने में एकजुटता का संदेश दिया वहीं रायसेन शहर काजी मोहम्मद जहीरुददीन ने लोगों से लॉकडाउन मे घरों से नही निकलने की अपील की है

शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में दवा द्कानों को छोड़कर पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा उधर आगरमालवा जिले में भी कल लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी जिले में अब तक कोई कोरोना पाजीटिव नही पाया गया है

छिंदवाड़ा सांसद नक्लनाथ ने जिला अस्पताल को दो वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं उमरिया जिले में लॉकडाउन की अवधि मे तीनो जनपद मे ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा बेसहारा गरीब परिवारो को घर घर जाकर खादयान्न वितरण किया जा रहा है सीहोर में अपर कलेक्टर विनोद क्मार चत्र्वेदी ने आज वृद्धा आश्रम पहंचकर ब्ज्गों से बातचीत की इस दौरान उन्हें मास्क भी वितरित किए गए उधर उज्जैन कलेक्टर ने तोपखाना हरि फाटक इलाके में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान द्कानों पर भीड़ लगी भीड़ देखकर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हए दुकानों को सील कर दिया है अशोकनगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर सभी एहतियात बरते जा रहे हैं यहां जिला चिकित्सालय में टेलीमेडिसिन केन्द्र बनाया गया है

दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आजीविका मिशन के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने जिले मे बन रहे मास्क और सेनेटाइजर के कार्य को सराहते हए इसकी तस्वीरें अपने ट्विटरहैण्डल पर साझा की हैं

कोरोना धर्मगरु अपील प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लाक डाउन का पालन कराने और आम लोगों को जागरूक करने के लिए धर्म गुरुओं से मदद मांगी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी धर्मों के प्रम्खों से आग्रह किया है कि वे अपने अन्यायियों के साथ साथ प्रे समाज को लाक डाउन का पालन करने का सन्देश दें

श्री चौहान इस दौरान कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार दवारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे द्रदर्शन के भोपाल केंद्र से इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा

इसकी लागत मात्र पांच सौ रुपए प्रति परीक्षण से भी कम है यह पेपर स्ट्रिप आधारित परीक्षण किट आईजीआईबी के वैज्ञानिक डॉ सौविक मैती और डॉ देबज्योति चक्रवर्ती की अग्आई वाली एक टीम ने विकसित की है वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर प्रचलित परीक्षण विधियों के मुकाबले यह किट काफी सस्ती है और इसके विकसित होने के बाद बड़े पैमाने पर कोरोना की परीक्षण च्नौती से निपटने में मदद मिल सकती है

मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए लोग घरेलू कार्यों इंडोर गेम्स प्स्तर्के पढ़ने बागबानी और अपने शोक प्रा करने जैसी गतिविधियों में वक्त बिता रहे हैं खंडवा में हमने क्छ लोगों से बात की और ये जाना कि वे लॉकडाउन के दौरान समय कैसे बिता रहे हैं

गोटेगांव तहसील के श्यान नगर में रहने वाले वंदावन प्रजापति पेशे से कुम्हार हैं

खाता धारक बैंक पहचकर इस राशि को निकाल रहे हैं

वहां के क्लपति ने एक माह का वेतन भी राहत कोष में जमा किया है

इस मौके पर शहर के पत्रकार एवं साहित्यकार भी मौजूद थे